रिकवरी रेट बढ़कर अट्ठासी प्रतिशत हुई

बिहार में बाढ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पीयूष गोयल के नेतृत्व में छह सदस्यीय टीम बिहार आयी है यह टीम आज से तीन दिनों तक बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेगी टीम आज गोपालगंज दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेगी इससे पूर्व कल पटना पहुंचने के बाद केन्द्रीय दल ने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा बैठक की बाढ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद केन्द्रीय दल मुख्य सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेगा इसके बाद यह दल दिल्ली वापस आयेगा और सहायता के लिए केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक हजार आठ सौ तीन कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए है राज्य में अब तक एक लाख तेईस हजार चार सौ चार लोग कोविड उन्नीस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं प्रदेश में स्वस्थ होने की दर अट्ठासी प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में एक हजार नौ सौ उनहत्तर नए मरीजों के मिलने के बाद कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर एक लाख चालीस हजार दो सौ चौंतीस हो गयी है विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल एक दिन में एक लाख सत्ताईस हजार चार सौ चार टेस्ट किये गये इन्हें मिलाकर अब तक तीस लाख तीस हजार से ज्यादा टेस्ट किये जा चुके हैं प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या सोलह हजार एक सौ तिरेपन है पटना जिले में कल दो सौ तैंतालीस नये मामले की पुष्टि हुई इसके अलावा अररिया से एक सौ छिहत्तर मधुबनी से एक सौ सोलह किशनगंज से तिरानवे पूर्वी चंपारण से तिरासी मुजफ्फरपुर से छिहत्तर और सहरसा से इकहत्तर मामले सामने आये हैं अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है कोविड उन्नीस संक्रमण से बचाव के लिए वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है

सेकेंड मोस्ट इपॉर्टेट बिना मास्क के कहीं नहीं जाए और मास्क सिर्फ लगाना आवश्यक नहीं है उसको ठीक से लगाना आवश्यक है अगर लूज मास्क बांधा हुआ है तो फिर उसकी कैपिसिटी कम हो जाती है और तीसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग जहां पर भी भीड ज्यादा है वहां पर अवाइड करें या वेट करें कि भीड छन जाएं कि कुछ लोग निकल जाएं उसके वाद देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर लगभग सतहत्तर प्रतिशत हो गई है अब तक इस संक्रमण से उनतीस लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जुलाई के पहले सप्ताह से अगस्त के अंतिम सप्ताह तक संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या चार गुणा तक पहुंच गई है सरकार की रणनीति के कारण स्वस्थ होने वालों की संख्या बढी है और मृत्यू दर भी घटी है इस समय देश में कोविड मृत्युदर एक दशमलव सात छह प्रतशित है केन्द्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्य क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए कर्मयोगी मिशन को मंजूरी दे दी है यह कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण का आधार तैयार करेगा ताकि वे विश्व के अन्य देशों में प्रचलित उत्कृष्ट कार्य पद्धतियां सीखने के साथ ही भारतीय संस्कृति से भी जुड़े रहें केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि कर्मयोगी मिशन मानव संसाधन विकास की दिशा में सरकार की सबसे बड़ी पहल होगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मिशन कर्मयोगी से सरकार में मानव संसाधन प्रबंधन की पद्धतियों में मूलभूत सुधार आएगा श्री मोदी ने कहा कि इस मिशन से अत्याधुनिक ढांचे के विकास और सरकारी कर्मचारियों की क्षमता बढाने में मदद मिलेगी श्री मोदी ने कहा कि मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य सरकारी कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार करना है ताकि वे अधिक रचनात्मक बनें और पारदर्शिता तथा प्रौद्योगिकी के जरिये नवाचार को अपना सकें हमारे संवाददाता ने बताया है कि पांच वर्ष के इस मिशन से छियालीस लाख से ज्यादा केन्द्रीय कर्मचारी लाभांवित होंगे

इसके अलावा कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय इकाई भी इसके ढांचे में शामिल होगी लोक मानव संसाधन परिषद में चुर्निदा केन्द्रीय मंत्री मुख्यमंत्री जाने माने मानव संसाधन विशेषज्ञ चिन्तक वैश्विक विचारक और लोक सेवक इसके शीर्ष निकाय के रूप मेंकाम करेंगे यह निकाय सिविल सेवाओं में सुधार और क्षमता निर्माण के लिए नीति निर्देश प्रदान करेगा इसमें क्षमता निर्माण आयोग के गठन का प्रस्तावहै जो सहयोग और साझेदारी के आघार पर क्षमता निर्माण के प्रदंधन और नियमन में एक समान दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा

सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद श्रीवास्त्व प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य नीलेश शाह ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि अगले साल मार्च या जून तिमाही तक सकारात्मक हो जाएगी एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री शाह ने संकेत दिया कि कोविड महामारी का जीडीपी पर दो साल तक असर रहेगा लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें चुनौतीपूर्ण स्थिति का लाभ उठाने की जरूरत है जिस तरह से उन्नीस सौ इक्यानवे में फॉरेक्स संकट के दौरान किया गया था पूर्व मध्य रेलवे जेईई मेन नीट और एनडीए की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए कल से पन्द्रह सितम्बर तक आठ जोड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन भी चलायेगी पूर्व मध्य रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार सहरसा पटना विशेष ट्रेन सहरसा पटना राज्यरानी एक्सप्रेस दानापुर राजगीर विशेष ट्रेन दानापुर राजगीर इंटरसिटी एक्सप्रेस पटना कटिहार विशेष ट्रेन पटना कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस पटना भभुआ इंटरसिटी एक्सप्रेस समेत आठ इंटरसिटी ट्रेनों का परिचालन किया जायेगा रेलवे ने इन ट्रेनों की समय सारिणी भी जारी कर दी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी दो हजार उन्नीस की पुनर्परीक्षा नौ से इक्कीस सितम्बर तक आयोजित करेगी समिति परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आज बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा परीक्षार्थी दोपहर बाद अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं बिहार बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा केन्द्रों पर प्रवेश के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा प्रदेश में बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए बाईस सितम्बर को राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं की वार्षिक परीक्षा दो हजार इक्कीस के लिए परीक्षा फार्म भरने की तिथि जारी कर दी है

इसके अलाव चौथे स्थान पर औरंगाबाद और छियालीसवें स्थान पर प्रर्णिया जिला रहा पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने नौबतपुर और घोसवरी प्रखंड के दो मुखिया को बर्खास्त करने की अनुशंसा सरकार से की है दोनों मुखिया पर सात निश्चय योजना में गड़बड़ी करने का आरोप है इसके अलावा जिले के सात अन्य मुखिया के खिलाफ भी गड़बड़ी की शिकायत के बाद जांच की जा रही है पटना जिला में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कल से विशेष अभियान चलाया जायेगा मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना भी लगाया जायेगा इसके साथ ही कोरोना को लेकर जारी मापदंडों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी नालंदा जिला प्रशासन ने राजगीर में अठारह सितम्बर से लगने वाले मलमास मेला पर पाबंदी लगाते हुए मेला आयोजन को स्थगित कर दिया है राज्य सरकार ने भवन निर्माण से जुड़े उन्नीस लाख निबंधित मजदूरों को तीन तीन हजार रूपये सहायता राशि देने का निर्णय लिया है श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि चिकित्सा मद में मिलने वाले यह राशि कामगारों को इसी सप्ताह भेज दी जायेगी अरब सागर से चलने वाला चक्रवातीय सिस्टम हिमालय के तराई क्षेत्र से होते हुए पटना गया नालंदा और झारखंड के तरफ शिफ्ट हो रहा है जिसके कारण प्रदेश के अधिकतर भागों में आठ सितम्बर तक हल्की बारिश का अनुमान है मौसम विभाग ने कहा है कि आठ सितम्बर के बाद मॉनसून एक बार फिर से सक्रिया हो सकता है जिसके प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर दस सितम्बर के बाद भारी बारिश हो सकती है गंडक बूढ़ी गंडक बागमती महानंदा समेत राज्य की विभिन्न नदियों का जलस्तर लगातार कम हो रहा है इसके कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है कई स्थानों पर लोग अपने घरों को लौट रहे हैं इधर गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट और हाथीदह में खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी गांधी घाट में खतरे के निशान से दस सेंटीमीटर जबकि हाथीदह में करीब तीस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है वहीं सोन नदी के जलस्तर में भी वृद्धि दर्ज की गयी है सोन नदी मनेर में खतरे के निशान के करीब पहुंच गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने चीन के खिलाफ प्रतिबंधों को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है पबजी समेत चीन के एक सौ अठारह मोबाइल एप्प बंद इसी अखबार की एक अन्य खबर है पटना से पड़ोसी देशों के लिए उड़ान भरेंगे छोटे विमान दैनिक जागरण ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को सुर्खी बनाते हुए लिखा है दुनिया के सबसे बड़े सिविल सेवा सुधार की हुई शुरूआत दैनिक भास्कर ने वाहन कानून में सुधार का शीर्षक दिया है सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी होगा इसी अखबार की एक अन्य खबर है राजगीर में अठारह सितम्बर से लगने वाले मलमासी मेले पर लगी पाबंदी प्रभात खबर ने राजनीतिक हलचल को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है मांझी फिर आये एनडीए में बिना शर्त जदयू के साथ किया गठबंधन

रिकवरी रेट बढ़कर अट्ठासी प्रतिशत हुई